बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने केन्द्रीय दल आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर

प्रदेश के पांच जिलों सीहोर रायसेन देवास मंडला और सिवनी में भारी बारिश की चेतावनी

शिक्षा पर्व के हिस्से के रूप में कल शुरू हई दो दिन की इस संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है

केन्द्रीय दल दौरा प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए केन्द्रीय दल आज होशंगाबाद देवास रायसेन और सीहोर जिले के प्रभावित गॉवों का दौरा करेगा केन्द्रीय संयुक्त सचिव आश्तोष अग्निहोत्री के नेतृत्व में ये दल आज और कल दो दिन के दौरे पर रहेगा केन्द्रीय दल रायसेन जिले में मेडकी फगनेश्वर धोबाखड़ी धनियाखेड़ी और मेहगॉव में नुकसान का जायजा लेगा इसके अलावा गैरतगंज तहसील में देहगॉव और किशनपुर में निरीक्षण करेगा इसके बाद केन्द्रीय दल होशंगाबाद जिले में बान्द्राभान सहित कुछ अन्य प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा इसके अलावा देवास जिले में नेमावर के गाजनपुर गॉव में क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लेगा सीहोर के जाजना और नसरूल्लागंज तहसील में नीलकंठ और सातदेव गॉवों में भी केन्द्रीय दल के भ्रमण का कार्यक्रम है लोकार्पण केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए किये जा रहे कार्यो का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे उन्होंने कल भिंड जिले के मेहगॉव में विकास कार्यो के भूमिपूजन और लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हए कहा कि बेहतर सिंचाई सुविधाए मिलने से प्रदेश के किसान पंजाब का मुकाबला करने से पीछे नहीं रहेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अटल एक्सप्रेस वे को गति प्रदान की है जिससे चंबल में ख्शहाली आयेगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी र्नौकरी देने के साथ रोजगार के नये अवसर भी शुरू किये जायेंगे प्रदेश सरकार जल्दी ही पुलिस में भर्ती शुरू करेगी

राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद थे विशेषज्ञ समिति केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बैंक ऋणों की स्थगित किस्तों पर ब्याज में राहत देने के आकलन के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है

वह इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गो को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी यह कदम ब्याज में छूट की राहत मांगने पर और अन्य संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई में प्रकट की गई विभिन्न चिंताओं के बाद उठाया गया है

उन्होंने कल भोपाल में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में मौजूद संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही अन्य राज्यों से भी समन्वय कर ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है

मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे से भी फोन पर बात की है श्री चौहान ने समी जिलों में फीवर क्लीनिक को और मजबूत करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि फीवर क्लीनिक पर सभी जरूरी जांच और ईलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए

कटनी में कोरोना टेस्ट के लिए जिला अस्पताल में रैपिड एंटीजेन टेस्ट सुविधा उपलब्ध हो गयी है जिससे अब तुरन्त रिपोर्ट मिल सकेगी

वहीं जिले में लोगों को कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने के उद्वेश्य से एक कार्यशाला भी आयोजित की गई

नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि नाला टेपिंग में नदियों में प्रदूषित जल को मिलने से रोका जा रहा है नदी तट के सौंदर्यीकरण की योजना के तहत दोनों तटों से भूमि कटाव रोकने के लिए पौधरोपण और पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जाएगा सुश्री पाल ने कहा कि नदियों के किनारों पर सघन पौधरोपण से विकसित हरियाली वर्षा के जल को संरक्षित करेगी जिससे नदी में जल का प्रवाह बना रहेगा उन्होंने कहा कि इस आधार पर नगर निगम वॉटर प्लस सर्वेक्षण के लिए दावा कर सकेगा मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई है भोपाल में कल शाम से देर रात तक रूक रूक कर तेज बारिश हुई

वहीं इंदौर जिले में कल दोपहर मैसम में अचानक बदलाव के बाद अनेक स्थानों पर झमाझम बारिष और कहीं कहीं ब्रंदाबांदी दर्ज की गई

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण अभी दो दिन और बारिश का अनुमान जताया है पांच जिलों सीहोर रायसेन देवास मंडला और सिवनी में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी हैं

वे दतिया ग्वालियर जिले में भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे

वे कल जिला कलेक्टर कार्योलय में दिशा की बैठक में भाग लेंगे